ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है

ड्रोन का उपयोग दूर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों पर टिड्डी नियंत्रण में आशा से अधिक संतोषजनक रहा है रेगिस्तानी टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती ने टिड्डी सर्कल कार्यालयों की क्षमताओं में वृद्धि की है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के इस प्रयास के सराहना की है भारत ने टिड्डी नियंत्रण के काम आने वाले स्प्रेयर वाहन देश में ही विकसित करने में भी सफलता हासिल कर ली है इन वाहनों का प्रदेश के अजमेर और बीकानेर जिलों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अब इस स्प्रेयर वाहन के वाणिज्यिक लॉच के लिए आवश्यक मंजूरी लेने की कार्रवाई चल रही है इसके वाणिज्यिक उत्पादन के साथ ही टिड्डी नियंत्रण में महत्वपूर्ण इस उपकरण के आयात पर भारत की निर्भरता समाप्त हो सकेगी इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक ट्वीट कर कहा कि टिड्डियों का उदभव अफ्रीका से होता है और पाकिस्तान के रास्ते ये भारत में प्रवेश करती है इसीलिए इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केन्द्र सरकार को कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने चाहिए

भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह मशविरे और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की पन्द्रहवीं बैठक कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित की गई भारतीय पक्ष ने इस महीने की पन्द्रह तारीख को गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटना सहित पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सलाह मशविरा और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की संरचना के अनुरूप और राजनयिक तथा सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भारत और चीन के वर्तमान हालात पर फेसबुक लाईव के माध्यम से कल आम जनता से संवाद किया उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है नये भारत के कारण ही चीन को गलवान घाटी में करारी शिकस्त मिली है

कर्नल राज्यवर्धन ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कल का दिन प्रदेशभर में जिला और ब्लॉक स्तर पर शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया जायेगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कल कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में स्थित शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थल पर बैठकर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करने के भी निर्देश दिये गये है

इसमें लाइव वीडियो और फोटोग्राफ़स पोस्ट किये जायेंगे

राज्य के पूर्वी जिले धौलपुर और भरतपुर में भी संकमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं

उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने कहा कि ऐसी किसी दवा के संबंध में न तो किसी ने राज्य सरकार को आवेदन किया और न ही राज्य सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति दी है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना ह्यमन ट्रायल भी नहीं किया जा सकता बिना अनुमति के क्लिनिकल द्रायल करने वाले संस्थानों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल पर जयपुर के निम्स हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ नरोत्तम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि निम्स हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया है ऐसे में बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के अस्पताल द्वारा मरीजों पर किसी दवा का परीक्षण करना गंभीर मामला है इसलिये अस्पताल को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह प्ररी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के शहरी क्षेत्र में एक बड़े तबके की आजीविका प्रभावित हुई है इन्हें राहत देने के लिए केन्द्र ऐसी योजना लागू करे

वहीं चार जिलों के कुछ हिस्सों में सकिय हुआ है

श्री गणेश ने बताया कि इस साल मानसून ने समय पर दस्तक दी है और यह तेजी से सक्रिय हुआ है